नागरिक सुविधा देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के छात्रों नागरिकों जॉब करने वालों और मजदूर जो वापस आना चाहते हैं उन्हें सुगमता से वापस लाने और संबंधित राज्यों से समन्वय के लिए सात आईएएस अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अन्सार मलय श्रीवास्तव को गुजरात और राजस्थान का ज़िम्मा दिया गया है मन् श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब की ज़िम्मेदारी दी गयी है नीरज मंडलोई को दिल्ली और हरियाणा दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र और झारखंड आइरिन सिंथिया जेपी को तमिलनाइ केरल और प्ड्चेरी किरण गोपाल को आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना उड़ीसा और नार्थ ईस्ट और इलैया राजा टी को कर्नाटक और गोवा को ज़िम्मेदारी दी गयी ही

कलेक्टर मनोज प्ष्प ने बताया कि मन्दसौर के ग्दरी इलाके में एक ब्ज्र्ग की बीते दिनों मौत हई थी मृतक ब्ज्र्ग भी कोरोना संक्रमित पाया गया है

ये सेंधवा के बताए जा रहे हैं इनमें एक महिला और एक प्रुष है

उधर छतरपुर जिले के खज्राहो में अब कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा सकेंगे इसके लिए सैंपल केंद्र स्थापित कर दिया गया है राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेडे ने बताया है की जिले में छतरप्र के बाद खज्राहो मैं यह पहला केंद्र ख्ला गया है कोरोना वॉरियर्स म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय कमी आई है

यह अच्छे संकेत हैं उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही कोरना को परास्त करेंगे

स्वस्थ होकर घर लौटने पर कालोनी वासियों ने थाली और घन्टी बजाकर उसका स्वागत किया

उत्तर प्रदेश से आज करीब एक हजार श्रमिक आयेंगे इनको भोजन करवाने और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है

नीमच पहुंचे श्रमिकों ने घर वापसी के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है

दरअसल प्लिस लाईन में पदस्थ आरक्षक घनश्याम राजस्थान के नयागांव बॉर्डर से मजदूरों को लेने पहंचे थे

ताकि मजदूर घर पहुंचकर एक दो दिन के खाने का इंतजाम कर सकें हमारी संवावददाता अदिति मिश्रा ने आरक्षक घनश्याम से बात की